वर्ष दो हजार चौबीस तक प्रत्येक ग्रामीण घर में पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड नाइन्टीन की जांच क्षमता में लगातार व्रद्वि करने के निर्देश दिए कहा रैपिड एन्टीजन विधि से प्रतिदिन पचास हजार नमूनों की जांच की जाए प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के दो हजार पांच सौ उन्तीस नए मामले सामने आए सक्रिय मामलों की संख्या इक्कीस हजार तीन हुई केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से दिव्यांगजनों को अंत्योदय अन्न योजना में शामिल करने को कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि कोविड नाइन्टीन महामारी के दौरान भी सरकार अथक अभियान के रूप में जल जीवन मिशन पर काम कर रही है प्रधानमंत्री ने कल वीडियो कांफ्रेंस के जरिये मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी श्री मोदी ने इस जल परियोजना को मणिपुर की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया केन्द्र सरकार ने दो हजार चौबीस तक ग्रामीण भारत के हर घर में सुरक्षित पर्याप्त और साफ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन की शुरूआत की है यह मिशन सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है इसमें पानी के लिए जन आन्दोलन की पहल की गई है ताकि उसे प्रत्येक व्यक्ति की प्राथमिकता बनाया जा सके भारत में करीब उन्नीस करोड़ घर हैं लेकिन केवल चौबीस प्रतिशत घरों में ही पाइप के जरिये स्वच्छ जल उपलब्ध है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह सड़सठवीं कड़ी होगी लोगों को अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है लोग अपने संदेश रिकॉर्ड करने के लिए एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर डायल कर सकते हैं या नमो ऐप ओपन फोरम अथवा माई जीओवी पर संदेश लिख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड नाइन्टीन की जांच क्षमता में लगातार वृद्धि करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस समय प्रतिदिन पचपन हजार नमूनों की जांच की जा रही है जिसे और बढ़ाने की आवश्यकता है उन्होंने रैपिड एन्टीजन विधि से वर्तमान में किए जा रहे बीस हजार टेस्ट को बढ़ाकर पचास हजार टेस्ट प्रतिदिन किए जाने पर बल दिया है लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर कल एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने घर घर जाकर सर्वे कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके माध्यम से अधिक से अधिक लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग की जाए उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रत्येक शनिवार व रविवार को संचालित विशेष स्वच्छता और सैनिटाइजेशन अभियान के अच्छे नतीजे मिल रहे हैं यह अभियान कोविड नाइन्टीन और संचारी रोगों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए चलाया जा रहा है उन्होंने प्रत्येक स्तर पर स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के कार्य को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने जिलों के नोडल अधिकारियों को सम्बंधित जनपदों की रिपोर्ट प्रतिदिन मुख्य सचिव को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए उन्होंने शासन के अधिकारियों को फील्ड में तैनात अधिकारियों से नियमित संवाद बनाए रखने के भी निर्देश दिए राज्यपाल और कुलाधिपति आनन्दीबेन पटेल ने कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक प्रोफेसर जय प्रकाश पाण्डेय को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर का कुलपति नियुक्त किया है प्रोफेसर पाण्डेय की निुयक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिये रखी गई है इसके साथ ही उन्होंने दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह और महात्मा ज्योतिबाफुले रूहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली के कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला का कार्यकाल एक माह अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक विस्तारित कर दिया है देश में अब तक कुल सात लाख बयासी हजार छः सौ सात रोगी कोविड नाइन्टीन महामारी से ठीक हुए हैं और स्वस्थ होने की दर तिरसठ दशमलव एक आठ प्रतिशत हो गयी है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने कल कहा कि पिछले चौबीस घंटों में रिकॉर्ड उत्तीस हजार पांच सौ सत्तावन कोरोना रोगी स्वस्थ हए हैं पिछले एक दिन में देश भर में पैंतालीस हजार सात सौ बीस लोग संक्रमित हए अब देश में संक्रमित लोगों की संख्या बारह लाख अड़तीस हजार छः सौ पैंतीस हो गयी है पिछले चौबीस घंटों में महामारी से एक हजार एक सौ उन्तीस लोगों की मौत हुई है अब मृतकों की संख्या उन्तीस हजार आठ सौ इकसठ हो गयी है

यह एक दिन में कोविड नाइन्टीन के मामलों की सर्वाधिक संख्या है प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में बताया कि राज्य में अब तक पैंतीस हजार आठ सौ तीन लोगों को स्वस्थ हो जाने पर अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है जबकि कुल इक्कीस हजार तीन मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है प्रदेश में कोविड नाइन्टीन से अब तक एक हजार दो सौ अट्ठानबे लोगों की मृत्य हई है उधर राज्य में पिछले चौबीस घंटों के दौरान चौवन हजार आठ सौ सत्तानवे कोविड नमूनों की जांच की गयी अब तक कूल सोलह लाख चौवन हजार छः सौ इक्यावन नमूनों की जांच की जा चुकी है कानपुर नगर में कोरोना संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए हरसंभव उपाय किए जा रहे हैं प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रजनीश दुबे ने कल नगर का दौरा कर कोविड महामारी की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया उन्होंने हैलट अस्पताल में कोविड मरीजों की चिकित्सा व्यवस्था के साथ ही अन्य स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण किया उन्होंने वरिष्ठ चिकित्सकों को वार्डो का लगातार निरीक्षण करने और कोविड मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी परिजनों को समय समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए अपर मुख्य सचिव ने नगर निगम कंट्रोल रूम और नारायणा मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं का भी स्थलीय निरीक्षण किया दिव्यांगजनों को राशन उपलब्ध कराने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से दिव्यांगजनों को अंत्योदय अन्न योजना में शामिल करने को कहा है दिव्यांगजनों को इस योजना के तहत हर महीने प्रति परिवार पैंतीस किलोग्राम अनाज मिलेगा खाद्य और उपभोक्ता कार्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि योजना में शामिल होने वालों की प्राथमिकता के बारे में राज्य सरकार फैसला करेगी उन्होंने राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई भी दिव्यांगजन इसके लाभ से वंचित नहीं होना चाहिए आत्मनिर्भर भारत विशेष पैकेज से हर क्षेत्र में लोगों को लाभ मिल रहा है प्रतापगढ़ जनपद में इसके तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं सुंदर राखी तैयार कर रही हैं इनका मकसद है कि लोग चीन निर्मित राखियों के बजाय देसी राखी का इस्तेमाल करें महिलाओं ने बताया कि प्रत्येक राखी की बिक्री पर उन्हें पांच से दस रूपये का लाभ होगा एक रिपोर्ट भारत सरकार की आत्मनिर्मर भारत योजना के तहत प्राप्त आर्थिक सहायता से शुरू की गई यह योजना जिले की ग्रामीण महिलायों के लिए वरदान साबित हो रही है

आत्मनिर्मर भारत जैसी योजना शुरू करने के लिए यह महिलाएं केंद्र सरकार व प्रषानमंत्री नरेंद्र मोदी का आमार व्यक्त कर रही है बाइट लामार्थी मालती विश्वकमा भारत सरकार द्वारा शुरू की गई आत्मनिर्मर भारत योजना के तहत मिली आर्थिक सहायता से हम महिलाओं ने राखी बनाने का काम शुरू किया है कोरोना कात में भी इस काम से मिल रही राशि परिवार के भरण पोषण में काम आ रही है जिसके लिए हम समूह की महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आमार व्यक्त कर रही हूं

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल बताया कि जे ई ई मुख्य परीक्षा दो हजार बीस पास कर चुके परीक्षार्थियों को केवल कक्षा बारहवीं पास का प्रमाण पत्र देना होगा श्री निशंक ने बताया कि सीटें आवंटित करने वाले केंद्रीय बोर्ड ने वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया है इन संस्थानों में प्रवेश के लिए बारहवीं की बोर्ड परीक्षा में कम से कम पचहत्तर प्रतिशत अंक या प्रवेश परीक्षा में पहले बीस परसेंटाइल में रैंक प्राप्त करना होता है